पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही की अध्यक्षता वाली ग्यारह सदस्यों की पूर्ण पीठ ने वरिष्ठ न्यायाधीश राकेश कुमार के उस फैसले को निलंबित कर दिया है जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था साथ ही न्यायाधीश राकेश कुमार को आवंटित सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिये गये हैं हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी आदेश को निलंबित किया गया हो और किसी न्यायाधीश को आवंटित सभी काम वापस ले लिये गये हों पूर्ण पीठ ने राकेश कुमार द्वारा दिये गये फैसले को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिराने वाला बताया मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने कहा कि जस्टिस राकेश कुमार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक निष्पादित मामले में आदेश पारित कर अनैतिक कार्य किया है इधर न्यायाधीश राकेश कुमार ने कहा है कि यदि भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध है तो उन्होंने यह अपराध किया है उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दिये गये आदेश पर कोई पछतावा नहीं है और आज भी वे अपने पूर्व के रूख पर कायम है दूसरी तरफ मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों के एक समूह ने नारेबाजी की मुख्य न्यायाधीश ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखकर नारा लगाने वाले वकीलों की पहचान करने और उनके खिलाफ अवमानना वाद चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित गंडक विभाग के चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह के आवास पर एक ठेकेदार रामा शंकर सिंह को जिंदा जला दिया गया इलाज के लिए गोरखपुर ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गयी मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि चीफ इंजीनियर बिल भुगतान के लिए पन्द्रह लाख रूपये मांग रहे थे पुलिस अधीक्षक राशिद जमां ने बताया कि प्रारंभिक जांच में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि बिल भुगतान को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था उन्होंने बताया कि घटनास्थल से केरोसीन तेल का गैलन और अन्य सामान बरामद हुआ है वारदात के बाद से चीफ इंजीनियर फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है गया जिले के मूफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत अबगीला मोहल्ला में पूलिस ने छापेमारी कर विस्फोटक सहित कई अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किया है वरीय पुलिस अधीक्षक मंजीत ने बताया कि मौके से जिलेटीन टाईमर घड़ी वायर मंदिर का नक्शा और जेहादी दस्तावेज बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि आतंकरोधी दस्ता के विशेषज्ञ गया आकर बरामद सामानों की जांच करेंगे मोकामा के क्ख्यात विवेका पहलवान के घर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो से तीन की संख्या में लोग दो एके सैंतालीस राइफल लहराते हुये दिख रहे हैं पटना की एसएसपी गरिमा मलिक ने सोशल मीडिया पर वायरल हुये इस वीडियो की जांच के आदेश दिये हैं इधर विवेका पहलवान ने कहा है कि उनके घर कोई एके सैंतालीस राइफल नहीं है और वीडियो में जो दिख रहा है वह प्लास्टिक के खिलौने हैं गौरतलब है कि मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच पुरानी दुश्मनी है और अनंत सिंह ने अपने घर से एके सैंतालीस राइफल मिलने में विवेका पहलवान की संलिप्तता बतायी थी सारण जिले के मढ़ौरा में दो पुलिसकर्मियों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें भावलपुर पंचायत के मुखिया मनोरंजन सिंह भी शामिल हैं पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि एक आरोपित की सीवान से गिरफ्तारी हुई है जिसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है इधर इस मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपित सुबोध सिंह के मढ़ौरा स्टेशन रोड स्थित घर की पुलिस ने कुर्की जब्ती की है सीवान जिले के मैरवा प्रखंड स्थित एक निर्माण कम्पनी के मालिक वीरेन्द्र कुशवाहा के घर हुई छापेमारी के मामले में सीबीआई ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई इसमें वीरेन्द्र कुशवाहा के साथ साथ इरकॉन के सेवानिवृत संयुक्त महाप्रबंधक राजीव मिश्र और भोजपुर जिले के दो संवेदक शामिल हैं सूत्रों ने बताया कि यह मामला भोजपुर के बिहियां में रोड ओवर ब्रिज के निर्माण से जुड़ा है मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में दो आरोपितों ने कल मुंगेर स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया दोनों पति पत्नी हैं इन पर एके सौंतालीस राइफल छिपाकर रखने का आरोप है किशनगंज जिले के गंधर्व डांगा थाना क्षेत्र के सलामपुर की एक महिला नौसरी बेगम ने अपने पति पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार के पास आवेदन दिया है श्री कुमार ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और दोषी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी केन्द्र सरकार ने बिहार को कैम्पा फंड के पांच सौ पच्चीस करोड़ रूपये जारी कर दिये हैं जंगलों के कटाव के बदले खाली जगहों पर पेड़ लगाने और वन्य जीवन को बचाने के लिए कैम्पा कानून के तहत यह राशि दी गयी है नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इस राशि का चेक सौंपा इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस राशि का उपयोग वन क्षेत्र के विकास के लिए किया जायेगा

बेगूसराय के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि पुल की सुरक्षा को देखते हुये यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि बड़ी गाड़ियों को जीरो माइल से ही डायवर्ट कर दिया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि पुल के क्षतिगस्त हिस्से का रेलवे और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण के अधिकारियों ने जायज़ा लिया है और जल्द ही इसकी मरम्मत कर ली जायेगी गंगा नदी पर बना राजेन्द्र सेतू पिछले पन्द्रह दिनों के अन्दर दो बार क्षतिग्रस्त हो चूका है नये वाहन खरीदने वाले कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले से अपने वाहन की पंजीकरण करा सकते हैं वाहनों के पंजीकरण के लिए उस जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नई व्यवस्था एक सितम्बर से लागू होगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले जस्टिस राकेश कुमार के आदेश को रद्द किये जाने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है ग्यारह जजों की बेंच ने जस्टिस राकेश कुमार के आदेश को निलंबित किया जज को मामले की सुनवाई से भी रोका गया प्रभात खबर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी जज से लिये गये सारे काम वापस दैनिक भास्कर लिखता है बाढ़ कोर्ट ने अनंत सिंह को दो दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपा दैनिक जागरण की सुर्खी है आईबी का अलर्ट समुद्र के रास्ते पाक कर सकता है नापाक हरकत राष्ट्रीय सहारा और आज ने फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है